भीली कलाओं आधारित समवेत नृत्य की प्रस्तृती होगी मध्यप्रदेश महाराष्ट्र उड़ीसा उत्तरप्रदेश उत्तरांचल राजस्थान और कर्नाटक राज्यों के जनजातीय तथा लोकनृत्य होगें

देशज व्यंजनों का स्वाद भी यहाँ लिया जा सकेगा

प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप है सुबह से ही कोहरे की चादर और ओस के बीच बेहद ठंड है